मंत्री के जवाब से असंतुष्ट भाजपा विधायको ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से का प्रीमियम जमा नहीं करने से किसान संकट में हैं और उन्हें अपनी फसलों का क्लेम नही मिलेगा इसके बाद भाजपा विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन किया

इनमें से पहला दल जोधपुर तथा जैसलमेर दूसरा दल श्रीगंगानगर तथा बीकानेर जबकि तीसरा दल जालौर तथा बाड़मेर जिलों में जाकर प्रभावित क्षेत्रों में हुए नुकसान का जायजा ले रहे है बाडमेर में आज कलक्ट्रेट में एक बैठक में केन्द्रीय दल ने जिला कलेक्टर और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से टिड्डी दलों से हुए नुकसान की जानकारी ली केन्द्रीय दल अन्य जिलों के कलेक्टरों और जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर रहे है

इधर कृषि मंत्रालय और टिड्डी चेतावनी संगठन ने टिड्डियों के दुबारा हमला होने पर हवाई हमले की रणनीति बनाना शुरू कर दिया है चेतावनी संगठन के उप निदेशक केएल गुर्जर ने बताया कि इस रणनीति को लेकर कृषि मंत्रालय ने रक्षा गृह सिविल एविएशन मंत्रालय और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से समन्वय बनाना शुरू कर दिया है

इसके लिए कई कार्यकम हो रहे है राजस्थान का जोडीदार असम को बनाया गया है आज हम बात करेंगे असम के सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार बिहू की रोंगाली या बोहाग बिहू असम का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है यह त्यौहार अप्रैल के महीने में पूरे राज्य में मनाया जाता है बिहू असम का ऐसा त्यौहार है जिसे नए कृषि मौसम और नए असमिया वर्ष की शुरुआत के रूप में भी मनाया जाता है उत्सव के दौरान वहां का पारम्परिक नृत्य और गायन भी किया जाता है जिसमें सभी लोग पूरी तरह से डूब जाते है सुनाते है आपको बिहू की आकर्षक लोक धुन

इससे पहले कल श्री गोगोई ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी से विधानसभा में मुलाकात की ये उनकी शिष्टाचार भेंट थी

श्री मोदी ने लोगों से इस कार्यकम के लिए अपने सुझाव भेजने को कहा है